न्यायालय ने श्री कुमार को पूछताछ के लिए सीबीआई के समक्ष शिलांग में पेश होने को कहा न्यायालय ने कहा कि पूछताछ के दौरान कोलकाता पुलिस आयुक्त की न तो गिरफ्तारी की जाएगी और न ही उनके खिलाफ किसी तरह के बलपूर्वक कदम उठाये जाएंगे

न्यायालय सीबीआई की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें आरोप लगाया गया है कि श्री कुमार घोटाले से जुड़े इलेक्ट्रोनिक सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और उनकी अध्यक्षता में गठित विशेष जांच दल एसआईटी ने सीबीआई को फर्जी दस्तावेज सौंपे हैं विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कांवरे ने जबलपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की घटना पर सीबीआई जो भी कार्यवाही करेगी वह सही होगी अगर क्छ गलत भी होगा तो वो भी सामने आ जायेगा वहीं सुश्री कांवरे ने भाजपा पर निशाना साधते हये कहा कि भाजपा कार्यकाल में किसानों की कर्ज माफी एक बड़ा घोटाला है पूर्व राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिये धनबल और बाहूबल इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के आवश्यकता पर जोर दिया है ग्रेट मार्च ऑफ डेमोक्रेसी सेवेन डिकेड ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक की प्रस्तावना में श्री मुखर्जी ने यह बात कही इस पुस्तक का संपादन पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस कुरैशी ने किया है

लोक निर्माण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने मंजूर किये गये सभी छात्रावास भवनों के निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ नियत समय में पूरा किये जाने के निर्देश दिये हैं

निमाड़ उत्सव खरगोन जिले के महेश्वर में तीन दिवसीय निमाड़ उत्सव शुरू हो गया है निमाड़ उत्सव में आज बड़वाह के बाबूलाल परिहार दल द्वारा निमाड़ी गायन और बैगा जनजातीय नृत्य सहित कई कार्यक्रम की प्रस्तुति की जायेगी वहीं गुजरात के डांडिया रास उत्तर प्रदेश का होली छत्तीसगढ़ के गौर मड़िया नृत्य की प्रस्तुति भी होगी आयुष मंत्री सम्मेलन राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के आयुष और स्वास्थ्य मंत्रियों का कल नई दिल्ली में सम्मेलन होगा सम्मेलन में राष्ट्रीय आयुष अभियान आयुषमान भारत में समेकित आयुष सेवायें औषधिय पौधे आयुर्वेद यूनानी और होम्यौपेथी शिक्षण संस्थानों जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी सम्मेलन का उद्घाटन केन्द्रीय आयुष मंत्री श्रीपद यसो नाईक करेंगे